किसानों की कर्जमाफी की दिशा में सरकार ने उठाया कदम आज करीब साढ़े तीन लाख किसानों के खाते में एक हजार करोड़ रूपये से अधिक की धनराशि ऑनलाइन हस्तांतरित की गई छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता कनक तिवारी राज्य के नए महाधिवक्ता बनाए गए राजनांदगांव में आज से महंत राजा सर्वेश्वर दास अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता शुरू हुई उदघाटन मैच में सांई मुंबई ने छत्तीसगढ़ हॉकी संघ को हराया मंत्री विभाग आवंटन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के नवगठित मंत्रिमंडल के सदस्यों को विभागों का आवंटन कर दिया है मुख्यमंत्री ने सामान्य प्रशासन विभाग वित्त ऊर्जा खनि कर्म जनसंपर्क इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी के अलावा अन्य ऐसे विभाग जो किसी अन्य मंत्री को नहीं दिए गए हैं अपने पास रखे हैं वहीं ताम्रध्वज साहू प्रदेश के नए गृहमंत्री होंगे श्री साहू गृह के अलावा लोक निर्माण जेल धर्मस्व पर्यटन और संस्कृति विभाग के भी मंत्री होंगे टीएस सिंहदेव को पंचायत और ग्रामीण विकास लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण चिकित्सा शिक्षा योजना आर्थिक और सांख्यिकी बीस सुत्रीय तथा वाणिज्यिक कर विभाग सोंपा गया है रविन्द्र चौबे को संसदीय कार्य विधि और विधायी कार्य कृषि तथा जैव प्रौद्योगिकी पशुपालन मछलीपालन जल संसाधन और आयकट विभाग का मंत्री बनाया गया है मोहम्मद अकबर को आवास और पर्यावरण वन विभाग खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण के अलावा परिवहन विभाग का दायित्व सौंपा गया है नवगठित मंत्रिमंडल में सबसे कम उम्र के मंत्री उमेश पटेल को उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा कौशल विकास जनशक्ति नियोजन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अलावा खेल तथा युवा कल्याण विभाग का मंत्री बनाया गया है जयसिंह अग्रवाल को राजस्व और आपदा प्रबंधन पुनर्वास के अलावा पंजीयन और स्टाम्प विभाग की जिम्मेदारी दी गई है डॉक्टर शिवकुमार डहरिया नगरीय प्रशासन और विकास तथा श्रम विभाग के मंत्री होंगे गुरू रूद्रकुमार को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और ग्रामोद्योग विभाग का मंत्री बनाया गया है डॉक्टर प्रेमसाय सिंह को स्कूल शिक्षा अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के अलावा अल्पसंख्यक कल्याण और सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी दी गई है कवासी लखमा वाणिज्यिक कर और उद्योग विभाग के मंत्री होंगे वहीं अनिला भेड़िया को महिला और बाल विकास के अलावा समाज कल्याण मंत्री बनाया गया है किसान पैसा वापस राज्य की नई सरकार ने किसानों की कर्जमाफी की दिशा में कदम उठाने शुरू कर दिए हैं आज करीब साढ़े तीन लाख किसानों के खाते में एक हजार करोड़ रूपये से अधिक की धनराशि ऑनलाइन हस्तांतरित कर दी गई है यह राशि लिंकिंग के तहत किसानों द्वारा ली गई थी और सरकार ने किसानों से किए गए वादों के अनुसार उसे वापस कर दिया है आधिकारिक जानकारी के अनुसार बारह सौ छिहत्तर सहकारी समितियों के तीन लाख संतावन हजार किसानों के खातों में एक ही दिन में बारह सौ अड़तालीस करोड़ रूपये की धनराशि जमा कर दी गई है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि शपथ ग्रहण के दस दिनों के भीतर ही किसानों से किया गया कर्जमाफी का वादा पूरा कर दिया गया है सरकार द्वारा जारी अल्पकालीन कृषि ऋण माफी योजना के तहत सहकारी बैंकों और छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंकों के कल सोलह लाख पैंसठ हजार किसानों के छह हजार दो सौ तीस करोड़ रूपये माफ किए जाएंगे इस योजना के अंतर्गत किसानों के अधिकतम पांच लाख रूपये तक के ऋण माफ किए जाएंगे

उनकी नियुक्ति का आदेश राज्य सरकार ने आज जारी कर दिया है छब्बीस जुलाई उन्नीस सौ चालीस को जन्मे श्री तिवारी ने अंग्रेजी साहित्य के प्राध्यापक के रूप में अपने करियर की शुरूआत की थी इसके बाद वर्ष उन्नीस सौ इकहत्तर में उन्होंने वकालत के क्षेत्र में प्रवेश किया श्री तिवारी ने कई किताबें भी लिखी हैं जिनमें गांधी और पंचायती राज गांधी का देश और फिर से हिन्द स्वराज प्रमुख हैं गौरतलब है कि राज्य में नई सरकार बनने के बाद महाधिवक्ता जुगल किशोर गिल्डा ने इस्तीफा दे दिया था श्री गिल्डा वर्ष दो हजार चौदह में राज्य के महाधिवक्ता बनाए गए थे तम्बाकू निर्वाचन देश में तम्बाकू के इस्तेमाल को नियंत्रित करने के लिए निर्वाचन आयोग सामने आया है आयोग ने अगले साल आम चुनाव के दौरान मतदान केन्द्रों में सभी तरह के तम्बाकू सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया है आयोग की निर्देशिका में कहा गया है कि देश में सभी मतदान केन्द्रों को तम्बाकू मुक्त घोषित किया जाना चाहिए और बीड़ी सिगरेट गुटखा तथा सुगंधित चबाने योग्य तम्बाकू के इस्तेमाल को भी सभी मतदान केन्द्रों पर प्रतिबंधित किया जाए

कल कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया जाएगा इस अवसर पर पार्टी के जिला और ब्लॉक मुख्यालयों में कांग्रेस का इतिहास विचारधारा के अलावा अतीत और वर्तमान की उपलब्धियों पर गोष्ठियां रैली तथा सेमीनार जैसे अन्य कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे वहीं महिला कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक राजीव भवन में संपन्न हुई बैठक में प्रदेश महिला कांग्रेस ने राज्य के सभी जिलों में महिला अधिकार सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया है इस अवसर पर कांगेस की नव निर्वाचित महिला विधायकों का सम्मान किया गया उधर भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति की बैठक भी रायपुर के एकात्म परिसर में आयोजित की गई इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओ को संबोधित करते हुए कहा कि वे नई ऊर्जा के साथ कटिबद्ध होकर आगामी लोकसभा चुनाव के लिए जुट जाएं माओवादी गिरफ्तार बीजापुर जिले में जनमिलिशिया कमांडर सहित तीन माओवादियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है पुलिस ने इनके पास से दो बंद्रके और एक टिफिन बम बरामद किया है बताया जाता है कि सीआरपीएफ और जिला पुलिस बल तलाशी अभियान पर निकला था इसी दौरान बासागुड़ा थाना क्षेत्र के आउटपल्ली इलाके के पास से इन माओवादियों को पकड़ा गया एसपी सम्मानित महासमुंद के पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह को चैंपियन ऑफ चेंज अवॉर्ड से नवाजा गया है उन्हें कम्युनिटी पुलिसिंग के क्षेत्र में किए गए सराहनीय कार्य के लिए सम्मानित किया गया नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह में उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने उन्हें सम्मानित किया इस पुरस्कार के लिए देशभर से पैंतीस लोगों का चयन किया गया था हॉकी राजनांदगांव में आज से महंत राजा सर्वेश्वर दास अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता शुरू हो गई है प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रविन्द्र चौबे ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया उद्घाटन मैच सांई मुंबई और छत्तीसगढ़ हॉकी संघ के बीच खेला गया जिसमें साई मुंबई की टीम ने चार के मुकाबले छह गोल से छत्तीसगढ़ हॉकी संघ को हरा दिया प्रतियोगिता के मैच नॉकआउट कम लीग के आधार पर खेले जाएंगे वहीं अंतिम पांच दिन लीग राउंड के मैच खेले जाएंगे सबसे अधिक अंक पाने वाली प्रत्येक पूल की टीम के बीच सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा और इसमें जीतने वाली टीमों के बीच फाइनल मैच होगा गौरतलब है कि इस स्पर्धा में दूसरी बार महिला हॉकी टीम भी हिस्सा ले रही है स्पर्धा में कुल बाईस टीमें हिस्सा ले रही हैं जिसमें बारह टीमें महिलाओं की हैं प्रतियोगिता में विजेता टीम को साढ़े पांच किलो का रजत कप और दो लाख रूपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा वहीं उप विजेता टीम को रजत कप के साथ डेढ़ लाख रूपये का नगद पुरस्कार मिलेगा प्रतियोगिता का समापन छह जनवरी को होगा मौसम मौसम विभाग ने आगामी चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के दक्षिणी भाग में कोहरा छाए रहने और उत्तरी भाग में शीतलहर चलने की चेतावनी दी है मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में मौसम का मिजाज फिर बदल गया है राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में आज सुबह गरज चमक के साथ बौछारें पड़ी वहीं आकाश में दिनभर बादल छाए रहे इस दौरान प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान नौ दशमलव दो डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में दर्ज किया गया

अटल नगर में शासकीय विभागीय कर्मचारी संघ क्रिकेट प्रतियोगिता का आज मंत्री शिवकुमार डहरिया और कवासी लखमा ने उदघाटन किया